बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चौबीस फरवरी से

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नेपाल के सर्वांगीण विकास में एक विश्वसनीय भागीदार की भूमिका निभा रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जोगबनी बिराटनगर एकीकृत चौकी का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी पहले उनकी सरकार की मुख्य नीति है और सीमा पार सम्पर्क में सुधार करना इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सभी मित्र देशों के साथ बेहतर परिवहन सुविधा विकसित करने और व्यापार संस्कृति तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है बाईट नरेंद्र मोदी नेबरहुड में मैं सारे मित्र देशों के साथ आवागमन को सरल और सुचारू बनाने और हमारे बीच व्यापार संस्कृति शिक्षा इत्यादि सभी क्षेत्रों में संपर्क को और सुगम बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है बिराटनगर में इस चौकी के बन जाने से भारत नेपाल सीमा पर वाहनों की लंबी कतारों के कारण लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी हमारे संवाददाता ने बताया कि जोगबनी बिराटनगर में दूसरी एकीकृत चौकी व्यापार और लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय सहायता से बनाई गई है

यह चौकी प्रतिदिन पांच सौ ट्रक संभाल सकती है भारत परम्परागत रूप से नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और जोगबनी बिराटनगर दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार बिन्दुओं में से एक है आईसीपी बिराटनगर से न केवल नेपाल में लोगों के आवागमन में मदद मिलेगी बल्कि इससे व्यापार करना भी सुगम होगा आकाशवाणी समाचार के लिए काठमाण्डू से राजकुमार केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक रैली को संबोधित किया श्री शाह ने अपने संबोधन में कहा कि नागरिकता कानून किसी के विरोध में नहीं है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं लोग नमो एप ओपन फोरम या माई जीओवी फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं इसके अलावा एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मिले लिंक पर भी सीधे सुझाव भेजे जा सकेंगे राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कहा है कि प्राचीनकाल से ही बिहार भारतीय विधाओं और शिक्षा का केन्द्र रहा है छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि बिहार की प्रतिभाएं विश्वभर में अगली कतार में खड़ी है इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और उपाधि देकर सम्मानित किया राज्य भर मे दवा दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान कल से तीन दिन तक बन्द रखने का निर्णय किया है बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में यह हड़ताल बुलायी है राज्य के अधिक से अधिक लोगों तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ पहुंचाया जायेगा मुखयमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में बचे हुए लोगों के गोल्डेन कार्ड शीघ्र बनाया जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों से वार्ता करके इस योजना के लिए उनकी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चौबीस फरवरी से शुरू होगा इकतीस मार्च तक चलने वाले इस सत्र में दोनों सदनों की कुल बाईस बैठकें होंगी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूरा प्रदेश एक बार फिर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश में बादल छाये रहेंगे वहीं सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा आज छह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा छपरा का न्यूनतम तापमान छह दशमलव आठ डेहरी का सात और पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने कहा है कि पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और उत्तर प्रदेश में बने चक्रवाती दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम के रूख में परिवर्तन हुआ है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि चौबीस जनवरी के बाद मौसम सामान्य होगा और धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी असम के गुवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के पदकों की संख्या बढ़कर नौ हो गयी है अब तक बिहार ने एक स्वर्ण एक रजत और सात कांस्य पदक जीते हैं बेगूसराय जिले के बरौनी स्थित खेल गांव में संपन्न जिला फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब पश्चिम चंपारण जिले की टीम ने जीत लिया है विजेता टीम ने एकतरफा मुकाबले में बेगूसराय को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया मध्रबनी जिले के मधवापूर थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ छह लोगों को गिरफ्तार किया है पकड़ी गयी शराब की कीमत लगभग तेईस लाख रुपये बतायी जा रहा है इधर गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में बलथरी चेकपोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने ट्रक से दो सौ छियानवे कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार कर लिया शेखपुरा जिले के चेवारा में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत से नाराज स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गये उपद्रवियों ने कई पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी अरवल जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया गया सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत भूड़ा गांव के पास अपराधियों ने एक निजी बैंक के कर्मी से तीन लाख रुपये लूट लिये पुलिस मामले की जांच कर रही है इधर नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अस्ता मोड़ के पास अपराधियों ने एक बैंक कर्मी को गोली मार दी और अस्सी हजार रुपये लूट कर फरार हो गये वहीं बेगूसराय बस स्टैंड पर अपराधियों ने एक व्यक्ति से नब्बे हजार रुपये लूट लिये कटिहार जिले के बारसोई में रेल पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रेल टिकट बनाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के बादलबीघा गांव के पास से पुलिस ने चार नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के बोतला चौक स्थित कपड़े की दुकान में आग लगने से दो मजदूरों की मौत हो गयी

बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चौबीस फरवरी से